इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है

डिंडोरी में कोरोना कर्फ्यू के पालन के लिए प्लिस कमर कसे हए है और प्लिस के आला अधिकारी लोगों से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं नीमच में भी टीकाकरण को लेकर य्वाओं में उत्साह है हाईकोर्ट सुनवाई मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि च्निंदा निजी अस्पतालों को सीधे निर्माताओं से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की अनुमति क्यों दी जा रही है चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बैंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह भी पूछा कि निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन पर रोक क्यों लगाई गई है

इसके अंतगत घर घर सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है अभियान के तहत लोगों से अपने गाँव में सामूहिक संगठन बनाकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की अपील भी की गयी है ग्रामीण क्षेत्रों में होम क्वॉरेंटाइन और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था भी की जा रही है

हादसे की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं

इसके बाद से ये विमान प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शनए वैक्सीन और अन्य दवाएं पहुंचा रहा था